मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू का भीषण प्रकोप जारी

स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

केन्द्र सरकार ने कहा है कि अगले वर्ष मार्च के अंत तक करीब तेरह हजार और स्वास्थ्य तथा कल्याण केन्द्र बनाये जायेंगे इस समय देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे सताईस हजार केन्द्र काम कर रहे हैं नई दिल्ली में सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच पर वैश्विक सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत दो हजार बाईस तक डेढ़ लाख स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र खोले जाने का निर्णय लिया है

इस योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है देश भर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र स्थापित करना इसमें से इकतीस मार्च दो हजार बीस तक हम चालीस हजार केन्द्र स्थापित करने की ओर बढ़ रहे हैं

जिले में आज तेरह लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है

हड़ताल के कारण ओपीडी और इमरजेंसी सेवा सहित स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है हड़ताल के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पिछले दिनों मरीजों के परिजनों द्वारा चिकित्सकों के साथ कथित मारपीट के विरोध में जूनियर डॉक्टर सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं इधर स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने के विरोध में मरीजों के परिजनों ने अस्पताल के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जूनियर डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की है उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की जायज मांगों पर सरकार विचार करेगी उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जीएसटी के अंतर्गत सालाना चालीस लाख तक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए निबंधन की अनिवार्यता नहीं होगी राज्य के विभिन्न वाणिज्यकर अंचलों के कारोबारियों और कर सलाहकारों से बातचीत के दौरान श्री मोदी ने कहा कि बीस लाख तक टर्नओवर वाले सेवा प्रदाताओं सर्विस प्रोवाडर को निबंधन कराना होगा श्री मोदी ने बताया कि राज्य में दो हजार अठारह उन्नीस की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के आठ महीने में जीएसटी संग्रह में छह दशमलव सात तीन फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है पटना उच्च न्यायालय ने पटना में सड़क निर्माण और अतिक्रमण हटाने के क्रम में बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने के मामले में नगर विकास विभाग और नगर निगम से हलफनामा दायर करने को कहा है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज मामले की सुनवाई करते हुए शहर में पेड़ों की संख्या का ब्योरा मांगा है पीठ ने विकासात्मक कामों में पेड़ों के संरक्षण के उपायों की जानकारी भी तलब की है मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी

सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत ने किसानों को फसल बीमा राशि के भुगतान के मामले में केन्द्र से तुरंत हस्तक्षेप की अपील की है श्री कामत ने कहा कि बीमा एजेसियों द्वारा किसानों को हुए नुकसान का आकलन और उन्हें किये जा रहे राशि भुगतान में बड़ा अंतर है उन्होंने कहा कि किसानों को शिकायत दर्ज कराने के लिए एक अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिये विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर आज पटना सहित प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया पटना में आयोजित बिहार स्वच्छता संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने के बाद सरकार प्रदेश के एक सौ पैंसठ ग्राम पंचायतों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन करने का कार्य प्रारंभ करने जा रही है इधर पटना स्थित सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन ने भी इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया कृतज्ञ राष्ट्र ने पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी को उनकी जयन्ती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की इधर राजधानी पटना में सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस मुख्यालय सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धापूर्वक याद किया गया राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में ठंड ने दस्तक दे दी है पछुआ हवा के कारण सुबह और शाम के तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान आसमान साफ रहेगा और पारा के गिरने से दिन के तापमान में भी गिरावट होगी जिससे सर्दी बढ़ेगी आयुष्मान भारत योजना के तहत शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड बनाने के लिए अभियान आज से शूरू हो गया आधिकारिक जानकारी के अनुसार पन्द्रह पंचायतों में यह शिविर इक्कीस नवम्बर तक चलेगा इसके बाद अन्य प्रखंडों में शिविर लगाये जायेंगे पटना सुपौल और कटिहार जिले में अलग अलग हादसों में आज चार लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि ग्यारह अन्य घायल हो गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र में सिकंदरपुर गांव के पास एक चार पहिया वाहन और मोटरसाइकिल की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गयी तथा तीन अन्य घायल हो गये वहीं सुपौल जिले के जदिया थाना क्षेत्र के फुलकाहा गांव के पास राष्ट्रीय उच्चपथ संख्या इक्यानवे पर ट्रक और ऑटो रिक्शा की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी तथा दो अन्य घायल हो गये इधर कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमर मोड़ के पास एक स्कूली बस के पलट जाने से छह बच्चे घायल हो गये पटना जिले के अथमलगोला थाना क्षेत्र अंतर्गत हसन चक गांव के पास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बरौनी कानपुर पाइप लाइन में लीकेज के कारण बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम पदार्थों की क्षति हुई है बरौनी रिफाइनरी के तकनीकी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर लीकेज को बंद कर दिया है बरौनी रिफाइनरी पाइपलाइन प्रभाग के वरिष्ठ मानव संसाधन प्रबंधक गोविंदजी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है भागलपुर के सैंडिस कम्पाउंड स्टेडियम में आज से अंतर विद्यालय अन्डर सेवंटिन क्रिकेट प्रतियोगिता शुरु हो गई स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में खेल जा रहे टूर्नामेंट के पहले दिन खगड़िया ने कैमूर को छियालीस रन से पराजित कर दिया वहीं एक अन्य मुकाबले में शिवहर की टीम के नहीं आने के कारण दरभंगा को वाकओवर से जीत दे दी गई बेगूसराय जिले के सिहमा दियारा में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी बुद्धन सिंह को उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया वैशाली जिले के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसीया के पास पुलिस ने एक ट्रक से तीन सौ निन्यानवे कार्टन अंग्रेजी शराब बारमद की है

भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के जयनगर मुहल्ला में एक झोपड़ी में बम के विस्फोट कर जाने से तीन लोग घायल हो गये

मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू का भीषण प्रकोप जारी

स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित